तेरह फरवरी तक चलेगा सत्र् भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल कानपुर और लखनऊ में बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित कहा विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की लोकप्रियता से घबरा कर एकजुट होने का कर रही है दिखावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इकहत्तरवीं पुण्यतिथि पर कल राष्ट्र ने उन्हें दी भावभीनी श्रद्वांजलि राज्य में ठंड और शीतलहर से सामान्य जन जीवन हुआ प्रभावित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उन्हें मिल रहे युवाओं के सम्थन के कारण ही विश्व आज भारत के महत्व को समझ रहा है सुरत में कल न्यू इंडिया कॉन्क्लेव को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं का एक एक वोट उन्हें राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा देता है प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दिया है श्री मोदी ने कहा कि एन डी ए सरकार का सबसे बड़ा योगदान भारतीय नागरिकों में आशा और विश्वास को फिर से स्थापित करना है

आशा विश्वास में बदल गया और यह विश्वास भी ऐसा है जिसने सवा सौ करोड़ देशवासियों में आत्मविश्वास भी जगाया है हमारा सबसे बड़ा यही योगदान है कि निराशा के गर्त में ढूबे हुए हिन्दुस्तान को आशा विश्वास से हमने भर दिया है यही ताकत है जो देश को आगे ले जाएगी इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल सूरत में तीन अरब चौवन करोड़ रूपए की लागत से हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन की विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सूरत अगले कुछ वर्षो में विश्व के अग्रणी शहरों में होगा एक अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि अगले दस पन्द्रह वर्षो में विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में दस बड़े शहर भारत के होंगे उन्होंने कहा कि देश में शीघ्र ही पचास नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा प्रधानमंत्री ने कल सूरत में वीनस अस्पताल का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सबसे गरीब लोगों को भी उच्च स्तर के इलाज की सुक्यिा दी जा रही है प्रधानमंत्री ने अरब सागर के तट पर दक्षिण गुजरात में स्थित दांडी गांव में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी और अस्सी अन्य सत्याग्रहियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया जो उन्नीस सौ तीस में ऐतिहासिक दांडी मार्च में बापू के साथ गये थे स्वदेशी के प्रति बापू का आग्रह हो स्वच्छाग्रह हो या फिर सत्याग्रह दांडी का यह स्मारक आने वाले समय में देश और दूनिया का महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा यह मेरा विश्वास है पर्यटन की दृष्टि से भी दांडी और गुजरात को इस स्मारक से और ताकत मिलने वाली है यहां आकर पर्यटक उस ऐतिहासिक पल को खुद भी जी पाए इसके लिए नमक बनाने की भी सुविधा यहां तैयार की गई है

सत्र की शुरुआत पर संसद के सैंट्रल हाल में आज सुबह ग्यारह बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे अंतरिम बजट कल एक फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा बजट सत्र तेरह फरवरी तक चलेगा सरकार ने आज संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है इससे पहले लोकसभा अव्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नई दिल्ली में कल सर्वदलीय बैठक बुलाई इसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय डाक भुगतान बैंक लोगों विशेषकर ग्रामीणों के जीवन में बदलाव ला रहा है वे कल नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे डाक भुगतान बैंक को क्रांतिकारी बैंकिंग प्रणाली बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को बैंक के जरिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए इस अवसर पर संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि ये बैंक वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और डाक भुगतान बैंक के खातों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की लोकप्रियता से घबरा कर विपक्षी पार्टियां एकजूट होने का दिखावा कर रही है कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हए अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जबरदस्त परिवर्तन हुआ है उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधी स्वयं आत्म समर्पण कर रहे है अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुट जाने और उत्साह के साथ दोबारा भाजपा सरकार बनाने के लिये जी जान से लगने की अपील की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जिस दौरान उन्होंने कानपुर और लखनऊ में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हए कहा कि सरकार ने जनता के हित में पिछले दो वर्षो में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं इसके अलावा कुंभ के भव्य आयोजन से गंगा और यमुना के निर्मल जल में स्नान का पृण्य अवसर भी देश विदेश के श्रद्वालुओं को प्राप्त हो रहा है इससे पूर्व कानपूर में बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हए श्री शाह ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में चुनाव अभियान की शुरूआत कानपुर से की गई थी जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और इस बार भी यह शुरूआत कानपुर से की जा रही है उन्होंने प्रदेश में लोकसभा की चौहत्तर सीटें जीतने का कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया

कल ही के दिन उन्नीस सौ अड़तालिस में उनकी हत्या कर दी गयी थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कल सवेरे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वाजलि अर्पित की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्र कृतज्ञ भाव से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है जिन्होंने हमारी स्वाधीनता के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक संदेश में कहा है कि गांधीजी सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर विश्वास करते थे और उनका जीवन सच्चे मानववाद की भावना को व्यक्त करता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट में कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने और उनके जीवन मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्व है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर सर्वघर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया शहीद दिवस पर कल देश में ग्यारह बजे दो मिनट का मौन भी रखा गया

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी से प्रेरणा प्राप्त कर के हमें स्वच्छता ग्राम्य विकास और स्वदेशी को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिये उन्होंने कहा कि शहीद दिवस के दिन विश्व कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है महात्मा गांधी ने कुष्ठ सेवा को अपना ध्येय बनाया था क्योंकि कुष्ठ सेवा परमात्मा की सेवा है प्रदेश में पिछले दिनों हई वर्षा के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई इसके कारण अधिकांश स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव जारी है राज्य के अधिकांश स्थानों पर ठंड और कृष्ठ स्थानों पर कोहरे ने लोगों की सामान्य दिनचर्या को काफी प्रमावित किया है लोग शाम ढलते ही घरों का रूख कर लेते हैं न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है वहीं अधिकतम तापमान में भी पांच डिग्री तक कमी दर्ज की गई